प्रदेश में आपदाओं सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और डाटा कलेक्शन के लिए सचेत पोर्टल हुआ लॉन्च स्मार्ट रोड के तहत देहरादून की चार सड़कें प्रस्तावितहाईटेक तरीके से किया जाएगा सड़कों का निर्माण

स्लग कैबिनेट प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छह महीने के एरियर के भूगतान की सौगात दी है इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है

आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया

गृह सचिव नितेश कुमार झा ने ये जानकारी दी है सीआईडी सेक्टर देहरादून की अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे को देहरादून में नया एसपी सिटी बनाया गया है आईपीएस मंजुनाथ को चमोली गढ़वाल का नया एसपी और तृप्ति भट्ट को एसडीआरएफ का सेनानायक बनाया गया है वहीं नवनीत भुल्लर को हरिद्वार एसपी देहात बनाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के पद पर तैनात रचिता जुयाल को नैनीताल पुलिस अधीक्षक यातायात और क्राइम का जिम्मा सौंपा गया है

स्लग सचेत पोर्टल राज्य में घटित प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग डाटा कलेक्शन और प्रवर्तन के लिए विकसित किए गए एमआईएस पोर्टल सचेत का आज शुभारम्भ किया गया उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पोर्टल को शुरू किया इस दौरान उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को आपदा प्रबन्ध के प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश दिये बैठक में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने जानकारी दी कि विभिन्न मौसम सम्बन्धित सटीक जानकारियों के लिए जून तक मुक्तेश्वर और सुरकण्डा देवी में डॉप्लर राडार लगा दिए जाएंगे

स्लग राज्यपाल सर्वाधिक रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा देहरादून में हुई भारतीय रेडक्रॉस समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि रक्तदान करने वाले वॉलन्टियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाना जरूरी है उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में भी रक्तदान शिविरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि ब्लड स्टोरेज के लिए सीमित संसाधनों वाली जगहों पर वॉलन्टियर रक्तदाताओं की एक सूची वहां के अस्पतालों रेडक्रॉस और प्रशासन के पास उपलब्ध होनी चाहिए उन्होंने कहा कि आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और रेडक्रॉस को समन्वयन बनाकर काम करना होगा राज्यपाल ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों में रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया

मंगलवार को हरिद्वार जिले के झबरेड़ा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही उन्होंने कहा कि पहले किसानों को दो प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे थे अब यही ऋण किसानों को शुन्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे मुख्यमंत्री ने लोगों से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ उठाने की अपील की जिसके तहत पांच लाख रूपये के निशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों के अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के कार्ड बनाये जायेंगे स्लग स्मार्ट रोड देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है इस संबंध में देहरादून में हई एक बैठक में स्मार्ट रोड की डीपीआर का प्रस्तुतीकरण किया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वर्तमान में देहरादून की चार सड़कों को स्मार्ट रोडों के तहत प्रस्तातिव किया गया है इनमें आराघर बहलचौक ईसी रोड आराघर प्रिंस चौक हरिद्वार रोड घण्टाघर दिलाराम चौक राजपुर रोड और घण्टाघर किशननगर चौक चकराता रोड का निर्माण किया जाना है प्रस्तावित स्मार्ट सड़कों में सड़क के दोनों तरफ मल्टी यूटिलिटी सर्विस डक्ट का निर्माण किया जायेगा इसके अन्दर पावर टेलीफोन केबल और पेयजल आपूर्ति पाईप लाइनें डाली जा सकेंगी इन प्रस्तावित डक्टों के अन्दर जाकर श्रमिक इनकी सर्विस और मरम्मत कर सकेंगे और सड़कों को बार बार खोदना भी नहीं पड़ेगा सड़कों के दोनों ओर ड्रेन भी बनाए जाएंगे जिससे बरसात के पानी कि समुचित निकासी हो सकेगी और जल भराव से छ्टकारा मिलेगा

इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी रुड़की के सुझायों को शामिल किया जायेगा

देहरादून में यूसैक गवर्निंग बॉडी की बैठक में ये जानकारी दी गई बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के समक्ष यूसैक द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला गया यूसैक के निदेशक डॉ एमपीएस बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए रामगंगा में गैरसैंण पूर्वी नयार में स्यूंसी खैरासैंण और पैठाणी में बहुउद्देश्यीय तालाबों का बेसिक सर्वे करके चिन्हीकरण किया गया है उन्होंने बताया कि यूसैक द्वारा विकासखण्ड और जिला स्तर में प्रशिक्षण कौशल विकास एवं प्रबंधन प्रोग्राम तैयार किये गये हैं जिसका लाभ संबंधित विभागों को मिल रहा है मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई कि यूसैक द्वारा किये जा रहे शोधों का उपयोग संबंधित विभागों के साथ करने के लिए समन्वय स्थापित किंया जाएगा ताकि शोध के उद्देश्यों का लाभ पात्रों तक पहुंचाया जा सके स्लग एक्सपो हस्तशिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए देहरादून के परेड मैदान में एक महीने से नेशनल हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं नेशनल हैंडलूम एक्सपो में अलग अलग राज्यों के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं

नेशनल हैंडलूम एक्सपो में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं लोगों को एक ही जगह अलग अलग राज्यों के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं हैंडलूम एक्सपो अपने शिल्प को संरक्षित करने का एक जरिया है इस प्रकार के आयोजन हस्तशिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने का एक प्रयास है

इस मेले मे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे उत्पादों और क्टीर उद्योगों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जायेगी